भोपाल सहित कई जिलों में बारिश थमने के बाद तापमान में बढ़ौतरी

बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श होगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से व्यापार और संपर्क सहयोग विकास लोगों के बीच आपसी संपर्क संस्कृति और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी दोनों नेता संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे दोनों देशों के बीच परिवहन संपर्क क्षमता निर्माण और संस्कृति क्षेत्रों में छह समझौतों पर हस्तांक्षर होने की आशा है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर गुरूवार को नई दिल्ली पहुंची थीं अभित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीमाओं की निगरानी कर रहे बलों से अग्रिम ठिकानों की सुरक्षा को कमर्जोर करने वाले मुद्दों की पहचान करने को कहा है गृहमंत्री ने उनसे कहा कि वे इससे संबंधित विस्तृत कार्य योजना प्रस्तृत करें ताकि इनका समाधान किया जा सके गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद उग्रवाद भ्रष्टाचार हथियारों मादक पदार्थों तथा मवेशियों की तस्करी बर्दाशत नहीं की जायेगी सीमा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति तथा सुरक्षा और मजुबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिये कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिये आवास स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया प्रधानमंत्री सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

उन्होंने वर्षा के कारण हुई भारी तबाही को गंभीर आपदा की श्रेणी में रखने की माँग की श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों को जो क्षति पहुँची है उससे पूरा देश प्रभावित होगा क्योंकि राज्य में उत्पादित फसलें पूरे देश की जरूरत पूरी करती हैं

चौधरी शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभूराम चौधरी ने कल ग्वालियर में चम्बल और ग्वालियर संभाग के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों में इस तरह बैठक आयोजित कर शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी

डॉ चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और जनसमुदाय को भी जोड़ा जाये शासकीय विद्यालयों का वातावरण ऐसा बनाये कि माता पिता स्वयं अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में पढ़ाने के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिये भेजें उन्होंने शिक्षकों से कहा कि समय पर स्कूल पहुँचे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें

इसके पीछे क्या ठोस वजह है

इसका प्रमुख डी श्रीनिवास को बनाया गया था लेकिन अगले ही दिन उनकी जगह संजीव शमी को जिम्मेदारी सौपी गई इसके बाद उन्हें हटाकर राजेंद्र कुमार को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया

संभाग आयुक्त ने बंद कराये गये विद्यालयों को पुनः शुरू कराने के निर्देश दिये हैं

वायु सेना दिवस समारोह के भाग के रूप में कल ग्वालियर में विभिन्न विमानों और वायु सेना की संपत्ति का प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन देखने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को आमंत्रित किया गया था इस दौरान विमानों मिसाइलों राडार सैन्य वाहनों और विशेष बलों के हथियारों का प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन का उद्देश्य वायुसेना की युद्धक क्षमता के बारे में जागरूकता फैलाना और छात्रों को हवाई युद्ध के क्षेत्र में कला प्रौद्योगिकी की स्थिति का अनुभव करने का अवसर देना है मौसम बादलों की लुका छिपी के बीच अब प्रदेश से मानसून के विदाई के संकेत मिलने लगे हैं राजधानी भोपाल में पिछले तीन दिन से वर्षा नहीं हुई है वहीं अन्य जिलों में भी कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ीं हैं बारिश की विदाई के बीच दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है जहां दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस की जा रही है वहीं सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस होती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान पैतीस डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर और सबसे कम तापमान सोलह डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आज रीवा सतना सीधी और उमरिया सहित कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

जिसमें कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने लोगों की समस्याएं सुनी

इसके तहत अब छिन्दवाड़ा रेलवे स्टेशन पर डिस्पोजल की जगह कुल्लहड में चाय भिलेगी कटनी रेलवे जक्शन को स्वच्छता के मामले में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है

मद्य निषेध सप्ताह के तहत आगरमालवा जिले में आज नशामुक्ति रैली निकाली जायेगी